सभी क्षेत्रों में एक एक सामान्य पर्यवेक्षक के अलावा चुनाव खर्च पर्यवेक्षक अलग से लगाये गये हैं ये पर्यवेक्षक अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में पहुंच गये हैं हमारे झालावाड़ संवाददाता ने बताया कि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए चार सामान्य प्रेक्षक और एक एक पुलिस प्रेक्षक तथाचुनाव खर्च भी प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं

इसमें बडी संख्या में वे नामांकन भी शामिल हैं जो प्रत्याषियों द्वारा विभिन्न पार्टियों की टिकट की आस में दाखिल किये थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया इसके अलावा एक सीट पर एक से अधिक सैट में दाखिल किये गये नामांकन भी रद्द किये गये हैं

प्रमुख राजनैतिक दल कांग्रेस और भाजपा के बंडे नेताओं ने आज विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क के साथ जनसभाएं की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज जयपुर में कई स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया हवामहल विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने चुनाव कार्यालय के उदघाटन के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया

इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाये श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों की समस्याओं को दूर किया जायेगा उन्होंने भाजपा शासन में राज्य में किसानों की समस्यायें दूर नहीं होने के भी आरोप लगाये

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेडा ने आज उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बेरोजगारी के मामले में देष में राजस्थान का पांचवां स्थान है

श्री गोयल ने आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में सरकारों के डबल इंजन से विकास की तेज गाड़ी और प्रगति की लहरपिछले चार पांच वर्षो में चल रही है राज्य में भाजपा के प्रत्याशी जोरशोर के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं जबकि विपक्ष परेशानियों से जूझ रहा है

जारी की गई सूची में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व अध्यक्ष सोनियां गांधी का नाम शीर्ष पर है

इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्ध और राजबब्बर भी कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे

वे कल दोपहर जयपुर पहंचेंगे जहां युवा री बात अमित शाह रे साथ नाम से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश के दो लाख युवाओं से संवाद करेंगे श्री शाह इस कार्यक्रम में प्रदेश के छह अन्य सम्भागों में आयोजित कार्यक्रमों के जरिए युवाओं के प्रश्नों का जवाब देंगे श्री शाह इसके बाद बीकानेर रवाना हो जाएंगे जहां वे पार्टी के पक्ष में रोड शो करेंगे तथा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे

हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया और मतदान के लिए प्रेरित किया उदयपुर की घासापंचायत में आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा आज आंगनवाड़ी केन्द्र पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया इस मौके पर मतदाताओं को वोट डालने की शपथ दिलायी गयी सिरोही में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के तहत आज इंटर कॉलेज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

पाली जिले की बाली तहसील के बोया गांव में मतदाताओं को सुरक्षा पर्ची का वितरण पुलिस अधीक्षक की ओर से किया गया पाली में आज स्वीप कार्यक्रम के तहत सरकारी कार्यालयों और शहर के सभी सर्किल पर रंगोली बनाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया इस बीच चुनावों की प्रशासनिक तैयारियों के तहत बीकानेर में माइको ऑब्जवर का एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ सवाईमाधोपुर विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार से डराने धमकाने सहित अन्य चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं साथ ही केन्द्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों को भी सीधे शिकायत की जा सकेगी भरतपुर के कामां में आज रेंज की आईजी मालिनी अग्रवाल ने कई गांव का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए

इस महोत्सव में इज़राइल फोकस देश है और झारखंड फोकस राज्य है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा खंड में पंद्रह फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा जिनमें तीन भारतीय फिल्में हैं

ये हादसा सुबह कोटपूतली के पास जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिनी ट्रक और ट्रोले की टक्कर से हुआ

बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र के हरनाथपुरा गांव में मोटरसाइकिल और जीप की टक्कर में तीन युवकों की मृत्यु हो गई

घायलों को अलवर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है

बूंदी शहर में आजाद पार्क से जुलूस निकाला गया जिसमें बोहरा बैंड आकर्षण का केन्द्र था झालावाड़ जिले के झालरापाटन सुनेल चौमहला खानपुर में ईद ए मिलाद उन नबी परम्परागत श्रद्वा से मनाया गया

समापन समारोह में बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई